उन्होंने यह भी कहा कि देश किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए तैयार है रक्षामंत्री ने कहा कि चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर यथास्थिति बदलने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी हाल में भारत के लिए स्वीकार्य नहीं है लद्दाख क्षेत्र में सीमा पर हाल के घटनाक्रम के बारे में राज्यसमा में अपने वक्तव्य में श्री सिंह ने कहा कि सीमा पर दोनों देरों के सैनिकों की संख्या और तनाव के स्थानों के मामले में मौजूदा स्थिति पहले की तुलना में भिन्न है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे देश में कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर पर सेवा सप्ताह का आयोजन किया है इस दौरान चौदह सितम्बर से बीस सितम्बर तक देशभर में सैनेट्री पैड्स और हील चेयर वितरण स्वच्छता संबंधी तथा कई कल्याणकारी कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन के अवसर पर श्मकामनाएं दी हैं एक ट्वीट में श्री कोविंद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के जीवन मूल्यों और लोकतांत्रिक परपरा में निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया है उपराष्ट्रति एम वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की श्रमकामनाएं देते हये एक टवीट में कहा कि प्रधानमंत्री के प्रयासों र्स देश ने काफी प्रगति की है केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री को सर्वाधिक लोकप्रिय नेता बताते हये अपने श्मकामना संदेश में कहा कि श्री मोदी देश की सेवा और गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित हैं सुचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दृढ़ इच्छाशक्ति और संकल्प से देश को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश लगातार उन्नति के मार्ग पर बढ़ रहा है भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने भी अपने श्भकामना दी हैं प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को उनके सत्तरवें जन्मदिन पर बधाई दी हैं अपने बधाई संदेश में एक ट्वीट के माध्यम से उन्होंने श्री मोदी को भारत का कर्मट ईमानदार और यशस्वी नेता बताते हये उन्हें अपनी श्भकामनायें दीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट के माध्यम से प्रधानमंत्री के अन्त्योदय से राष्ट्रोदय की संकल्पना को साकार करने वाला नेता बताया है उन्होंने अपने संदेश में कामना की कि श्री मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत के ध्येय को आगे बढ़ाते हुये माँ भारती को गौरवान्वित करते रहेंगे इस अवसर पर आज गोरखनाथ मंदिर में दिव्यांग जनों को ट्राइसाइकिल व्हील चेयर सहित अन्य उपकरण वितरित करते हये श्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने दिव्यांग शब्द देकर दिव्यांगजनों को सम्मान दिलाया है उन्होंने कहा कि समाज के निचले पायदान पर खडे व्यक्ति को सम्मान और मूलभूत सुविधायें दिलाने की उनकी संकल्प शक्ति के चलते ही गरीबों को आवास शौचालय रसोई गैस सिलिण्डर बिजली गैस कनेक्शन जैसी सुविवायें मिल रही हैं उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के कार्यकाल में विकास की दृष्टि से देश को वैश्विक पहचान मिली है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने आशा व्यक्त की है कि कोविड नाइन्टीन वैक्सीन अगले वर्ष की श्रुआत में उपलब्ध हो जाएगा राज्यसभा में आज देश में कोविड नाइन्टीन की स्थिति पर चर्चा का जवाब देते हए डॉ हर्षवर्धन ने यह बात कही वैक्सीन के लिए जैसे दुनियानर में प्रयास हो रहे हैं वैसे ही उतने ही प्रभावी प्रयास भारत में हो रहे हैं और भारत में हमारे जो कैंडिडेट वैक्सीन हैं उसमें तीन लगभग ऐसे हैं जो फेस वन फेस दू और फेस थ्री के अंदर पहुंच गए हैं उम्मीद है कि अगले के गुरूआत के अंदर हमें भारत के अंदर वैक्सीन उपलब्ध हो जानी चाहिए देश में कोविड नाइन्टीन रोगियों के स्वस्थ होने की दर अठहत्तर दशमलव छह चार प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटों के दौरान बयासी हजार से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि अब तक चालिस लाख पच्चीस हजार से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं स्वस्थ होने वालों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और वर्तमान में संक्रमितों की कुल संख्या उन्नीस दशमलव सात तीन प्रतिशत रह गई है श्रद्वा भक्ति के साथ प्रदेश भर में आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जा रही है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज विश्वकर्मा जयंती पर लोगों को बधाई दी है श्री मोदी ने ट्वीटर पर कहा कि आज का दिन उन्हें समर्पित है जो काम को ही पूजा समझते हैं और जिन्होंने अपने सजन से समची मानवता को समद किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर शिल्पियों और अभियंताओं सहित प्रदेशवासियों को श्मकामनाएं दी है विश्वकर्मा जयन्ती के अवसर पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के आर्थिक विकास में तकनीकी विशेषज्ञों का महत्वपूर्ण योगदान होता है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बडी संख्या में कारीगर और हस्तशिल्पी परम्परागत कार्यो के माध्यम से जीविकोपार्जन करते हैं इन कारीगरों की प्रतिभा निखारने के लिये सरकार ने एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं चलाई है